प्रदेश में शहडोल और ग्वालियर में की जनसभाएं

अब प्रदेश की पहचान बदलकर एक विकसित राज्य की हो गई है अब एमपी का मतलब है मैक्जिमम प्रोग्रेस

उन्होंने फिर एकबार दोहराया की भाजपा का मंत्र है विकास और केवल विकास इसके पहले शहडोल में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि प्रदेश का भविष्य चुनने के लिये मतदान करना आवश्यक है

उन्होंने सागर जिले में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक की वजह से देश की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को बीमारू राज्य से निकाल कर विकसित राज्य बनाने का पुरूषार्थ किया है टीकमगढ़ में अपने संबोधन में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर प्रदेश को बीमारू बनाने का जिम्मेदार बताया उन्होंने कहा कि जब से केन्द्र मे नरेन्द्र मोदी सरकार आयी है प्रदेश सशक्त राज्यों में आ गया है

राहुल देवरी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज सागर जिले के देवरी में एक आम सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहले युवाओं को रोजगार देने के लिये काम करेंगे उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले खाली पड़े सभी सरकारी पदों को भरेंगे श्री गांधी ने बताया कि एक लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं उन्होंने किसानों महिलाओं तथा समाज के अन्य सभी वर्गों के कल्याण के लिये काम करने का वादा किया श्री गांधी ने कहा कि मध्यप्रदेश में दो साल में बेराजगारी दोगुनी हो गई है और युवाओं में आत्महत्या का आंकड़ा दो हजार फीसदी तक बढ़ गया है लेकिन भाजपा सरकार ऐसे मामलों पर चुप्पी साधे हुए है

मानपुर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निग आफीसर ने बताया सुश्री मीना सिंह और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर मे बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसके चलते ये कार्रवाई हुई है

अनूपपुर जिले के तीन विधानसभा सीटों अनूपपुर कोतमा और पुष्पराजगढ़ में प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं

इंदौर जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने पर विमानतल पर आने जाने वाले राजनेताओं की जानकारी संधारित की जा रही है एक विशेष टीम विमानतल पर निगरानी रख रही है आगरमालवा जनसंपर्क आगरमालवा जिले में एक ओर जहां प्रशासन स्वतंत्र निष्पक्ष और शान्तिपूर्ण मतदान के लिये आवश्यक तैयारियों में लगा हुआ है वहीं दूसरी ओर प्रत्याशी भी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं

इसी के तहत कल भोपाल में मैराथन दौड़ रन फॉर डेमोकेसी का आयोजन किया जायेगा इस मैराथन में लोग एक विशेष टी शर्ट पहनकर शामिल होंगे जिसपर रन फॉर डेमोकेसी और जिद करो वोट करो लिखा हुआ होगा

वर्ल्ड बुक आफ रिकार्ड समिति के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को प्रमाण पत्र भेंट किया श्रीमती ने भोपालवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो काम दृढ़ इच्छा शक्ति समन्वय और विश्वास के साथ किये जाते हैं उनमें सफलता अवश्य मिलती है इसी भावना के साथ अगर हम देश और समाज की सेवा में लगे रहें तो अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं उन्होंने कहा कि इस सफलता और आम लोगों की इसमें रूचि को देखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि एक समिति बनाई जायेगी जो इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के बारे में सुझाव देगी

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव पर गौर करना सुखद होगा उन्होंने नरेन्द्र मोदी ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है मानव अधिकार आयोग राज्य मानव अधिकार आयोग ने राजधानी भोपाल तथा बैतूल के दो अलग अलग मामले में संज्ञान लेते हुए जांच प्रतिवेदन तलब किया है भोपाल शहर के संतनगर में साफ सफाई के अभाव में जगह जगह कूड़े के ढेर लग जाने के कारण रहवासियों को हो रही परेशानी और बीमारियों के मद्देनजर संज्ञान लेकर कलेक्टर एवं आयुक्त नगर निगम भोपाल से दो सप्ताह में प्रतिवेदन मांगा गया है इसी तरह बैतूल जिले की एक निजी बिल्डिंग में संचालित हो रहे ड्रीम इंडियन स्कूल टिकारी द्वारा भवन का किराया नहीं देने पर स्कूल में ताला जड़ने के मामले में संज्ञान लेकर कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी बैतूल से तीन सप्ताह में प्रतिवेदन मांगा है वाटर सेक्टर प्रदेश में वाटर सेक्टर का एक्शन प्लान बनाने के लिये राज्य शासन द्वारा स्टेट लेवल स्टेयरिंग कमेटी का गठन किया गया है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के नेशनल वाटर मिशन के अन्तर्गत इस कमेटी का गठन किया गया

यह कमेटी राष्ट्रीय जल मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करेगी और प्रगति की निरंतर समीक्षा भी करेगी

आकाशवाणी केन्द्र बैतूल के माध्यम से कल मतदाता जागरूकता के लिए वृहद शपथग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा